आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

हड़ताल द्रक आप्रेटरों की हड़ताल समाप्त हो गई केंद्रीय भूतल एवं परिवहन व भूतल मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक के बाद ट्रक यूनियनों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है जिससे प्रदेश के किसानों व बागवानों को राहत मिलेगी उल्लेखनीय है कि इस हड़ताल के चलते हिमाचल के अकेले बीबीएन में उद्योगों को अरबों का नुक्सान हुआ है बैठक प्रदेश भाजपा विधायक दल की एक बैठक आज शिमला में होगी जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडेय मौजूद रहेंगे मंगल पांडेय प्रदेश सरकार के छह माह के कार्यकाल की समीक्षा भी करेंगे इस दौरान आगामी लोकसभा चुनावों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी मौसम प्रदेश भर में मॉनसून पूरी तरह सकिय बना हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में रूक रूककर तेज वर्षा का कम जारी है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है

किन्नौर से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जिले में लंबे अरसे के वर्षा होने से कई नदी नाले उफान पर हैं और कल्पा के तांगलिग और बारग नाले में बाढ़ आने से विद्युत उत्पादन ठप्प हो गया है

इधर इधर जिला सोलन के बड़ोग पंचायत के तहत हो रहे फोरलेन निर्माण कार्य के लिए बनाई गई डपिंग से बड़ोग पंचायत की खडड में बाढ़ आने से तीन दुकानें ध्वस्त हो गई जिससे वाहनों की आवाजाही रूकी हुई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग समी समाचार पत्रों ने रोहतांग टनल और मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है बारालचा लाचुंग व तांग लंगला में सुरंग निर्माण अगला लक्ष्य पंजाब केसरी के शब्द हैं अगले साल नवंबर तक तैयार होगी रोहतांग सुरंग मख्यमंत्री ने किया निरीक्षण खराब मौसम खराब के कारण नहीं पहुंच पाए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आपका फैसला का शीर्षक है टनल दूरिज्म से जोड़ेंगे कबायली क्षेत्र मुख्यमंत्री ने रोहतांग सुरंग परियोजना की प्रगति का लिया जायजा

अजीत समाचार के अनुसार जयराम ठाकुर द्वारा रोहतांग सुरंग परियोजना की प्रगति का जायजा कहा सुरंग टूरिज्म से जोड़ें जाएंगे कबायली क्षेत्र

अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल में रिकार्ड तोड़ बारिश तीन की मौत लाहौल में बादल फटा

द्रक आप्रेटरों की हड़ताल से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है ट्रक हड़ताल खत्म आठ दिन में अरबों का नुकसान दैनिक जागरण के शब्द हैं बीबीएन के सात सौ उद्योग बंद अजीत समाचार ने लिखा है देश भर में ट्रकों की हड़ताल खत्म सरकार ने मानी मांगें जेई और पटवारी को मिली पावर अवैध निर्माण पर ऑन द स्पॉट दे सकेंगे नोटिस शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है कसौली गोलीकांड के बाद टीसीपी की नई गाइडलाइन तैयार सरकार ने टाटा मोटर्स पर लगाया पौने तीन करोड़ रूपए का जुर्माना दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है

कांगड़ा में आए भूकंप की खबर को अजीत समाचार ने शीर्षक दिया है कांगड़ा में एक बार फिर हिली धरती

अपार्त्रो को बांट दी स्कॉलरशिप शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है कैग रिपोर्ट में निजी विश्वविद्यालयों की करतूत का खुलासा आठ करोड़ की गड़बड़ आई सामने एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय भूकंप के झटके में लिखा है प्रदेश में बार बार आने वाले भूकंप के झटके बड़े खतरे को कम कर रहे हैं लेकिन ये झटके हमें प्रकृति से छेड़छाड़ से करने से होने वाले नुकसान के बारे में भी सचेत कर रहे हैं